बजट में कारोबारी सुगमता उद्यमिता और जमीनी स्तर पर संपदा सुजन पर ध्यान दिये जाने की संभावना है वित्त मंत्री इस बजट में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने और युवाओं के लिए अधिक अवसर सुजित करने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं

वित्त मंत्री सीतारामन दूसरी बार आम बजट पेश करेंगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे इस बार मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है और सहयोगी देश के रूप में उजबेकिस्तान शिरकत कर रहा है

इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन व नागरिक उड्डयन आर डी धीमान ने कहा है कि मेले में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन का लुत्फ लेने के साथ साथ लोक नृत्य लोक गीत और हिमाचली पहरावे की झलक देखने को मिलेगी

कटवाल विधायक जीत राम कटवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके वे कल बिलासपुर जिले में झंडूता विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जड़ड़ कलज्यार के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे कटवाल ने अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का आहवान भी किया शिवरात्रि महोत्सव मंडी के अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को लिपिबद्ध कर इसे पुस्तक का रूप दिया जा रहा है अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने कल मंडी में एक बैठक में कहा कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होगी और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में सरकारी निजी स्कूलों और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं में अब लगेंगे मोबाइल फोन जैमर इस सत्र में संवेदनशील केंद्रों से शुरूआत

हिमाचल में घपलेबाज प्रधान नहीं लड़ पाएंगे चुनावी दंगल शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा अनापति प्रमाण पत्र दैनिक जागरण की एक खबर है बीएसएनएल के आधे कर्मियों ने ली वीआरएस

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है अब कॉलेज प्रोफेसर की ऑनलाइन लगेगी हाजिरी